प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कृषि क्षेत्र किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार

मंजूरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा हाल ही में पारित तीन कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी है इन विधेयकों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार लाना और किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करना है इसके अलावा इन विधेयकों से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से निजात मिल सकेगी इसके अलावा नए कानून से किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध करवाने के लिए कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी मण्डी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलेगा मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र किसान और गांव को आत्मनिर्भर भारत का आधार बताया है आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और बिना फेस कवर के घर से बाहर न निकलने की अपील की एक रिपोर्ट मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में प्ररी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुज़र रही है

प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र किसान और गांवों को आत्मनिर्भर भारत का आधार बताया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को भी याद किया जिनकी जयंती कल मनाई जाएगी उन्होंने कहा कि इनके अलावा आने वाले दिनों में हम ऐसे कई महान् लोगों को याद करेंगे जिनका भारत के निर्माण में अमिट योगदान है रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला पर्यटन दिवस आज विश्व पर्यटन दिवस है इसका विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना मरीजों के उचित उपचार के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों को उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए उचित प्रोटोकॉल अपनाना सुनिश्चित बनाने पर बल दिया

महेन्द्र सिंह जलशक्ति व बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने प्रदेशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एचपी शिवा परियोजना को सरकार की कारगर पहल बताया है मण्डी ज़िले के धर्मपुर क्षेत्र में आज विभिन्न योजनाओं के शुभारम्भ पर उन्होंने किसानों से योजना से लाभ लेकर फल उत्पादन का कार्य शुरू करने का आहवान किया

शोक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयरम ठाकुर ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर दुःख व्यक्त किया है राज्यपाल ने कहा कि जसवंत सिंह ने लम्बे समय तक देश की सेवा की और अपने कार्यों से सभी को प्रभावित किया अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास में जसवंत सिंह के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा मंत्रिमंडल सदस्यों और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी उनके निधन पर दुःख जताया है

स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड निरंतर जारी किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक ज़रूरतमंद परिवार इसका लाभ ले सकें

एक प्रार्थना संबोधन में महात्मा गांधी ने स्वछता के बारे में अपने विचार इस तरह रखे थे

उन्होंने कहा कि गठबंधन टूटने का प्रदेश की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा

उपायुक्त कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने आज मनाली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रवास तैयारियों को लेकर बैठक की

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अति विशिष्ट कार्यक्रम को देखते हुए ज़िले का कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ेगा और ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी